अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच होगी

चनाव तालमेल इस बीच प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर जहां निर्वाचन विभाग ने सभी प्रबंध करने में जुटा है वहीं राजनीतिक दलों ने भी सरगर्मियां तेज कर दी हैं राज्य में आर्दश आचार संहिता के मद्देनज़र पुलिस तथा आबाकारी विभाग द्वारा कड़ी नज़र रखी जा रही है

सभी शिकायतों को संबंधित विभागों को जांच के लिए भेजा गया है और सात का निपटारा कर दिया गया है उधर कांगड़ा जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप कुमार ने सभी सहायक निर्वाचन अधिकारयों को ब्रथ स्तरीय निर्वाचन प्रबंधन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं वे ईवीएम और वीवीपैट के उपयोग व कर्मचारियों को मतदान के पूर्वाभ्यास के बारे जानकारी देने के उद्देश्य से धर्मशाला में आयोजित एक कार्यशाला में बोल रहे थे लाहौल स्पिति चनाव इधर जनजातीय जिला लाहौल स्पिति में बर्फबारी से सड़कें अवरुद्ध हैं जिससे चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ गई हैं

किन्नौर चुनाव किन्नौर जिला निर्वाचन अधिकारी गोपाल चंद ने सभी नोडल अधिकारियों व निर्वाचन कार्यों से जुड़े कर्मचारियों से मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने का आग्रह किया है स्वीप योजना के तहत रिकांगपिओ में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि मतदान को लेकर और नए पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा इस दौरान सभी शिक्षण संस्थानों में सच्चे लोकतंत्र की पहचान प्रलोभन रहित मतदान की शपथ दिलाई जाएगी सरस मेला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने और हस्तशिल्प लोक कलाकृति और संस्कृति को बढ़ावा देने में आजीविका सरस मेले अहम योगदान निभा रहे हैं इसी कड़ी में बिलासपुर के लुहणू मैदान में पहली बार सरस मेले का आयोजन किया गया है इसमें विभिन्न राज्यों से आए उद्यमियों ने अपने अपने प्रदेश की कला संस्कृति और उत्पाद प्रदर्शित किए हैं मेले के श्भारंभ अवसर पर उपायुक्त विवेक भाटिया ने कहा कि मौजूदा समय में गांव के देसी उत्पादों के प्रति लोगों का विश्वास बना हुआ है और महिलाएं समूहों से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने शिमला के उपायुक्त से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है दिव्य हिमाचल की सुर्खी है अंततः हटाए गए डीसी शिमला केन्द्रीय चुनाव आयोग की सख्ती के बाद हिमाचल सरकार ने किया तबादला पंजाब केसरी का शीर्षक है निर्वाचन आयोग के आदेशों पर डीसी शिमला को पद से हटाया बिना परमिशन स्ट्रांग रूम खोलने के मामले में अब अमित कश्यप पर गिरी गाज दैनिक सवेरा टाइम्स के अनुसार निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर डीसी शिमला तबदील जबकि दैनिक भास्कर का कहना है आईएएस अफसर मुकेश रिपेसवाल चार्जशीट डीसी शिमला का तबादला राजेश्वर गोयल होंगे नए डीसी शिमला राज्य लोकसेवा आयोग द्वारा घोषित परिणाम पर अमर उजाला की सुर्खी है बिलासप्र की अपराजिता चंदेल एचएएस में टॉपर पहले चार स्थानों पर बेटियों का कब्जा दैनिक जागरण लिखता है एचएएस परीक्षा में छाई बेटियां पंजाब केसरी व आपका फैसला का शीर्षक है एचएएस परीक्षा में बिलासपुर की अपराजिता ने किया टॉप हिमाचल दस्तक के शब्द हैं एचएएस में भी बेटियां अव्वल अपराजिता टॉपर कांगड़ा सीट से फिर शांता कुमार को टिकट शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है हमीरपुर से अनुराग ठाकुर के नाम पर बनी सहमति दो सीटों पर फंसा पेंच दैनिक जागरण की एक खबर है वीरभद्र पर आरोप तय करने के लिये कोर्ट में बहस नौ से कुल्लू के किसानों ने जड़ी ब्रटियों से बना दिया हर्बल कीटनाशक अब पेटेंट की तैयारी अमर उजाला की एक खबर है गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के पंचतत्व में विलीन होने और प्रमोद सावंत के नए मुख्यमंत्री बनने की खबर को भी सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है